खेती बाड़ी सहित सभी कृषि और बागबानी गतिविधियां कृषि उत्पाद की खरीद में लगी एजेंसियां कृषि उपज समिति के कार्य और कृषि मशीनरी की द्कानों को इस दौरान प्री तरह से काम करने की अन्मति होगी दो चालकों और एक हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन की भी अन्मति होगी सभी वित्तीय संस्थाएं और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पूरी तरह काम करेंगी बिजली मैकेनिक पलंबर मोटर मैकेनिक और बढई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को भी छूट दी गई है ऐसे लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक द्वरी बनाए रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अन्मति दी गई है ग्रामीण क्षेत्रों में और नगर निगम की सीमाओं से बाहर उद्योगों को भी अन्मति दी गई है केन्द्र सरकार उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे

इसके मद्देनजर राजधानी जिला क्षेत्र के उपायुक्त कोमकार दूलोम ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर संबद्ध विभागो से इस आदेश का अन्पालन स्निश्चित कराने का निर्देश दिया जिला उपाय्क्त दवारा जारी आदेश में सार्वजनिक स्थल पर थ्रकने पर भी मना किया गया है और साथ हि शराब ग्टका तंबाक् पान मसला इत्यादि को अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है

जिला आपदा प्रबंधन आधिकारी दोरजी निमा ने बताया की जिले से बाहर से आए चौदह व्यक्तियों को क्वारेंटिन फेसिलिटि में रखा गया है एक व्यक्ति को चौदह अप्रैल से और बाकियों को पंद्रह अप्रैल से क्वारेंटिन में रखा गया है

बोमडिला में आयोजित बैठक में जिला प्रशासन ने जिले के बाहर फंसे लोग जो अब वापस आ रहे है उनके लिए स्क्रिंनिंग केंद्रो को अंतिम रुप देने और आवश्यक और गैर आवश्यक सामग्रियों के परिवहण पर विचार विमर्श किया

सीबीडीटी ने कहा कि आयकर विभाग ने आयकर दाताओं को लगभग चौदह लाख आयकर रिफंड जारी किया है सुक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम क्षेत्र में छोटे व्यवसायों को राहत उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देते ह्ए बोर्ड सात हजार सात सौ साठ करोड़ रुपये का रिफंड आगे भी जारी करेगा बोर्ड ने करदाताओं से बकाया कर राशि के समायोजन के बारे में जवाब देने का फिर अन्रोध किया है

संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यों के मुख्य महा डाकपालों और डाक विभाग के म्ख्य महाप्रबंधकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए एक बैठक में ये निर्देश दिए श्री प्रसाद ने सबसे निचले तबके और जरूरतमंद लोगों तक खादय वस्तुएं तत्काल पहुंचाने के तौर तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए